ई संजीवनी पोर्टल पर परामर्श पंजीकृत करने में हिमाचल ने देशभर में हासिल किया तीसरा स्थान

प्रदेश के कई हिस्सों में मॉनसून की भारी से बहुत भारी वर्षा दर्जनों सड़कें अवरूद्व

मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने की

शहरी विकास व संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमण्डल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमण्डल ने एक अन्य अहम निर्णय में प्रदेश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान पुष्प उत्पादकों को मार्च से मई महीने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने का फैसला लिया है

इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत किया है ई संजीवनी हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश में ई संजीवनी पोर्टल पर सबसे अधिक परामर्श पंजीकृत करने में तीसरा स्थान हासिल किया है

इस मामले में तमिलनाडु पहले और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा

इस पोर्टल का उद्देश्य अधिकतर स्वास्थ्य संस्थानों को विशेषज्ञ सुविधाओं के साथ साथ प्रदेश के स्वास्थ्य महाविद्यालयों के साथ जोड़ना भी है

जन्माष्टमी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं व दर्शन आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं जिनका अनुसरण कर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद भगवद गीता के दर्शन ने समूचे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता हिन्दू धर्म ग्रन्थों और धार्मिक दर्शन का सार है तथा सभी के लिए सफल जीवन जीने का एक मार्ग दर्शक भी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में माफिया राज चल रहा है राठौर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में विभिन्न माफिया सक्रिय है

उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को माफिया से मुक्त होने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए

ये आदेश याचिकाकर्ता अनिल कुमार की याचिका पर जारी किए गए हैं याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है

आज ही मंडी के नेरचौक स्थित कोविड अस्पताल में कोरोना से संक्रमित एक महिला की मौत भी हुई है

रोक इस बीच प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर और सोलन जिलों से कोरोना मरीजों को तब तक दीनदयाल उपाध्याय शिमला में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है जब तक कि इन जिलों में स्थित अस्पताल ऐसे रोगियों से भर नहीं जाते इस संबंध में प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश एल नारायणन स्वामी और न्यायधीश अनूप चितकारा ने इन्द्रजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए

मौसम प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है

विभाग ने आज राज्य के मैदानी व मध्यम उंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की है डीसी शिमला उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने नाबार्ड के अधिकारियों का आहवान किया है कि वे शिमला जिले के ठियोग और मशोबरा खण्ड को सब्जी उत्पादन के लिए विकसित करें उन्होंने अधिकारियों को यहां कृषक उत्पादन संगठन व कलस्टर विकसित करने को भी कहा